मुख्यमंत्री कमलनाथ के आश्वासन के बाद राज्य में किसान संगठनों ने आंदोलन वापस लिया इन्दौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने जल्दी शुरू होंगी मुख्य आव्रजन अधिकारी की नियुक्ति को मिली मंजूरी

शपथ नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को सायं सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे इस अवसर पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष संवैधानिक पदाधिकारी और राजनयिक भी उपस्थित रहेंगे भारत ने पड़ोसी देशों को वरीयता देने की सरकार की नीति के मद्देनजर बिम्स्टेक देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है बांगलादेश श्रीलंका किर्गिज गणराज्य और म्यांमा के राष्ट्रपति तथा मॉरिशस नेपाल भूटान के प्रधानमंत्री और थाइलैंड के विशेष दूत इस समारोह में उपस्थित रहेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे

किसान आंदोलन किसानों संगठनों की प्रदेश में जारी हड़ताल और प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली गई है भारतीय किसान मजदूर महासंघ ने कल से प्रस्तावित अपना पांच दिवसीय आंदोलन मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा के बाद वापस ले लिया है मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की है यह समिति राज्य सरकार और किसानों के बीच समन्वय का काम करेगी भोपाल स्थित समन्वय भवन में आज भारतीय किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ किसानों की चर्चा सकारात्मक रही इस कारण हमने आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया है वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि फसलों के लाभकारी मुल्य भावांतर योजना में लंबित भुगतान और किसानों की कर्जमाफी से जुड़े कई मुददों को लेकर कल से तीन दिवसीय आंदोलन शुरू किया था मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है मुख्यमंत्री ने किसानों की मांगों पर समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है वाहन नियम प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जायेगा चालक की जमानत पुलिस थाने में नहीं हो सकेगी पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशों के पालन में इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है इस सिलसिले में इन्दौर और भोपाल के पुलिस उपमहानिरीक्षकों सहित प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये गये हैं धार स्थिति धार जिले के बदनावर में कल मारपीट के मामले के बाद तनाव की स्थिति निर्मित हो गयी उपद्रव के दौरान कृछ लोग जख्मी हए हैं

इन्दौर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर तैनात किया गया है अब स्थिति नियंत्रण में बताई गई है

केन्द्र सरकार ने इंदौर के देवी अहिल्या विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनाये जाने की घोषणा पर अमल शुरू कर दिया है इस संबंध में गृह मंत्रालय ने विमानतल पर चीफ इमिग्रेसन अधिकारी नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है अब इन्दौर से जल्दी ही अंतराष्ट्रीय उड़ाने शुरू हो सकेंगी गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनिल मलिक की ओर से जारी अधिसुचना के मुताबिक समुचित दस्तावेजों के साथ भारत आने वाले विदेशी यात्रियों की यहां जांच की जा सकेगी इन्दौर में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानतल अस्तित्व में आया है

इनमें से ढ़ाई सौ यात्री पहलगाम और ढ़ाई सौ यात्री बालतल मार्ग से यात्रा पर जा सकेंगे

इस संबंध में विस्तुत जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन डॉट कॉम से ली जा सकती है

टूर्नामेंट का पहला मैच आज लंदन के ओवल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा पहली जून को मौजूदा चैम्पियन आस्ट्रेलिया का मुकाबला अफगानिस्तान के साथ ब्रिस्टल में होगा

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की भिड़ंत सोलह जून को मैनचैस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में होगी

प्रत्येक टीम को ग्रुप स्टेज में नौ मैच खेलने होंगे और शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी मौसम राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है

वहीं छतरपुर ग्वालियर गुना दतिया होशंगाबाद रायसेन और शाजापुर में लू का प्रभाव रहा

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक इसी तरह की गर्मी बने रहने का अनुमान जताया है